प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि समाज के सबसे गरीब लोगों को मकान उपलब्ध कराना गरीबी उन्मूलन की दिशा में पहला कदम है उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्ष में उनकी सरकार ने समाज के निर्धन और मध्यवर्ग को अपना मकान देने के हरसंभव प्रयास किए हैं प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के शिरडी में श्री साई मंदिर परिसर में विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने आवास योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत में कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार वर्ष में एक करोड़ पच्चीस लाख आवास का निर्माण किया है जबकि पिछली सरकार इस अवधि में केवल पच्चीस लाख मकान बना पाई थी श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के लिए ऐसा माहौल बनाने की लगातार कोशिश कर रही है जिसमें उन्हें अपने उत्पाद का समुचित मूल्य मिल सके उन्होंने कहा कि इसके लिए केन्द्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है बाईट ये हमारी सरकार है जिसने एमएसपी को लेकर किसानों की बरसों पुरानी मांग को पूरा किया है

इस ऐतिहासिक फैसले से इस साल देश के किसानों को हजारों करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गयी है बिना विलंब शुल्क के पांच नवम्बर तक पंजीकरण करवाया जा सकेगा सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को रजिस्ट्रेशन के समय आधार नंबर देना जरूरी नहीं है बोर्ड ने परीक्षा के लिए विषयों का समूह भी बना दिया है फार्म में भरे गये पहले पांच विषय मूख्य विषय माने जायेंगे बोर्ड ने छात्रों को छठे विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में भरने का सलाह दी है असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था और माता सीता को लंका से मुक्त कराया था इस अवसर पर देशभर में कई स्थानों पर रावण वध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है विजयादशमी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि हम सभी भाईचारा और प्रेमपूर्वक इस त्योहार को मनायें ताकि हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक परम्परा और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ और मजबूत हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुये दशहरा के पुनीत अवसर पर साम्प्रदायिक और सामाजिक सदभाव बनाये रखने की अपील की है इस अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश क्मार केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और राज्य सरकार के कई मंत्री तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज कड़ी सुरक्षा के बीच देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मूर्ति विसर्जन को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किये गये हैं नदी घाटों पर गोताखोरों के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बचाव दल के सदस्यों की तैनाती की गयी है एनडीआरएफ की टीमें चिकित्सकों के साथ पटना में गंगा नदी घाटों पर तैनात हैं नौकाओं से लगातार नदी में गश्त की जा रही है उत्तर रेलवे ने दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए पच्चीस त्योहार स्पेशल रेलगाड़ियों की घोषणा की है इसमें से तेरह रेल गाड़ियां दिल्ली से चलेंगी सबसे अधिक बिहार के लिए सात और यूपी के लिए तीन ट्रेन चलाई जाएंगी यात्रियों की उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर दिल्ली जंक्शन से दरभंगा नई दिल्ली से बरौनी दिल्ली जंक्शन से मुजफ्फरपुर दिल्ली से छपरा आनंद विहार पटना आनंद विहार आनंद विहार गया आनंद विहार मार्ग पर इन ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा इसके अलावा आनंद विहार भागलपुर तथा आनंद विहार जयनगर जंक्शन के बीच विशेष ट्रेनों की घोषणा की गयी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम की यह उनचासवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा इस महीने की छब्बीस तारीख तक फोन लाइनें खुली रहेंगी इसके अलावा लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे कर एसएमएस से प्राप्त लिंक से भी सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों के घरों में रसोई गैस कनेक्शन पहुंचने से खाना बनाने में आसानी हो रही है हमारे वैशाली संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट बाईट उज्ज्वला के तहत रसोई गैस कनेक्शन से महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों को भी धुआं मुक्त स्वस्थ माहौल उपलब्ध हो रहा है

अबतक उज्ज्वला योजना के तहत एक लाख इकतालीस हजार लाभार्थियों को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना में पदस्थापित एएसआई उपेंद्र नाथ विद्यार्थी को आज छेड़खानी के एक मामले में निलंबित कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने बताया कि निलंबित एएसआई पर समस्तीपुर जिले के बिक्रमपुर गाँव में सत्रह अक्टूबर को दूर्गा पूजा मे ड्यूटी के दौरान छेड़खानी करने का आरोप है लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक नक्सली धनराज कोड़ा को गिरफ्तार किया है अपर प्रलिस अधीक्षक अभियान पवन कुमार उपाध्याय ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नक्सली को घेराबंदी कर उसके घर से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार माओवादी नक्सलियों के ठिकाने पर राशन पहुंचाने का काम करता था पुलिस उससे माओवादियों के ठिकाने के संबंध में पूछताछ कर रही है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में धूप खिली रहने से मौसम शुष्क बना हुआ है आर्द्रता में लगातार गिरावट देखी जा रही है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकतर शहरों में तापमान तीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया पटना और भागलपुर का अधिकतम तापमान साढ़े चौतीस डिग्री सेल्सियस के आस पास रहा वहीं गया का अधिकतम तापमान चौतीस दशमलव एक जबकि पूर्णिया का तीस दशमलव चार दर्ज किया गया जमुई जिले के झाझा थाना के मछिन्दर गांव में बिजली का तार गिरने से झुलसकर एक व्यक्ति की मौत हो गई घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने कई घंटों तक झाझा जमुई सड़क जाम कर दिया है जिससे जमुई देवघर मार्ग पर वाहनों का परिचालन ठप रहा रोहतास जिले में करगहर थाना अन्तर्गत बभनी गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान धर्मावती नदी में डूब कर एक बच्चे की मौत हो गयी बेगूसराय जिले में अलग अलग हादसों में आठ लोगों की मौत हो गयी खगड़िया के जाने माने चिकित्सक अविनाश चंद्र का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया उनके निधन पर समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने गहरा शोक जताया है